मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की लोग घरों में ही रहें कहा किसी भी सूरत में अपना जीवन खतरे में न डालें

ये छूट कोरोना हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों के लिए ही दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों के अनुसार आज से बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों को छट मिल गई है ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे कृषि पश्पालन और बागवानी से जुड़ी गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेगी खेतों में कृषि कार्य एजेंसियों द्वारा कृषि उत्पाद की खरीद राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित मण्डियां या उनके द्वारा खरीद दूध के उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां चालू रहेगी मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है

केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है किसी भी संगठन को और सार्वजनिक जगहों के प्रबंधक को पांच या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देनी होगी विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान भीड को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनियमित किया जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर थुकने पर जुर्माना लगेगा और शराब गुटखा तथा तंबाकू जैसी वस्तुओं की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा सरकार ने सभी कार्यस्थलों में उपयुक्त स्थानों पर तापमान जांचने और सेनेटाइजर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है

इसके तहत अब प्रदेष में आज से कुछ आर्थिक गतिविधियां संचालित हो सकेंगी मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगरपालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शरू हो सकेंगें शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छट दी गई है जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है

उन्होंने अपील की कि लोग किसी सूरत में अपना जीवन खतरे में न डालें उन्होंने कहा कि इसी महीने श्रू होने वाले रमजान तथा अक्षय तृतीया के अवसर पर लोग लॉकडाउन की पूरी तरह पालना करें उन्होंने धर्मग्रूओं जनप्रतिनिधियों एनजीओ से अपील की कि वे लॉकडाउन की पालना करवाने में सकिय भूमिका निभाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर और कामगार अन्य राज्यों में फंसे हैं उन्हें भी अपने गृह राज्य में जाने की छूट दी जानी चाहिए श्री गहलोत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोटा में पढ़ रहे कोचिंग स्टूडेंट्स को अपने राज्य में लेकर गई है अन्य राज्य भी इस दिशा में पहल करें ताकि बच्चों का तनाव दूर हो सके और संकट की इस घड़ी में वे परिवार के साथ रह सकें

इसके लिए जिला कलेक्टर उप जिला कलेक्टर तहसीलदार नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को अधिकृत किया गया है

वाहन चलाते समय कार्यस्थल पर बाजार और गली में भी मास्क पहनना जरूरी है